काले धन के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कि विदेशों में विभिन्न बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा काले धन को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने अपने सौ दिन के कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता दी है कांगड़ा जिले में धर्मशाला के ज़ोरावर मैदान में आज लाभार्थी सम्मेलन में उन्होंने इसके लिए केंद्र का आभार जताया मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान दो अभियान से विश्व में भारत की साख बढ़ी है और वैश्विक स्तर पर भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश का चह मुखी विकास किया है और जनधन योजना आयुष्मान भारत किसान समान निधि और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने नवभारत के निर्माण में अहम भूमिका निर्माई है जयराम ठाकर ने कहा कि धर्मशाला में सात व आठ नवम्बर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्ट्सें मीट से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल भिलेगा इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा को भी उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना प्रदेश में एक महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी कल्लू के राजकीय वरिष्ठ माध्यभिक स्कूल ढालपुर में आज सड़क सुरक्षा अभियान पर चित्रांकन व नारा लेखन प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य को जल्द ही चालान मुक्त बनाया जाएगा

परिवहन मंत्री ने लोगों से वाहन चलाते समय गतिसीमा पर ध्यान रखने सीट बैल्ट पहनने और बिना लाइसैंस व नशे की हालत में वाहन न चलाने का आहवान किया

इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जल मिशन योजना के तहत प्रदेश के हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी

उन्होंने बताया कि इस पेयजल योजना के लिए बीबीएमबी ने गोविंद सागर झील से पानी उठाने की अनुमति दे दी है भुकम्प चम्बा ज़िले में आज पौने घण्टे के भीतर ही भूकम्प के तीन झटके महसूस किए गए

भूकम्प का केन्द्र हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सीमा में भूमि से पांच किलोमीटर नीचे था

लोगों ने प्रशासन से भूकम्प के समय बरती जानी वाली सावधानियों के संबंध में जागरूकता शिविर लगाने की मांग की है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून धीमा पड़ गया है और पिछले दो तीन दिनों में कुछ भागों में हल्की वर्षा हुई है